इस नीति के तहत पूर्व में की गयी सारी नियुक्ति प्रक्रिया को रदद कर अब नये सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की जायेगी

सरकार ने सात साल से लापता सरकारी सेवकों के आश्रित को नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी सरकार ने राज्य में सड़क दूर्घटनाओं में घायलों को मदद पहुंचाने वाले व्यक्तियों को दो हजार रुपये का पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया इसके तहत घायलों को अस्पताल ले जाने के क्रम में अब कोई पुलिसिया पूछताछ भी नहीं होगी वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए विधायकों की अनुशंसा से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में प्रति पंचायत पांच चापाकल लगाने का भी निर्णय लिया गया

रांची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम गेल इंडिया को देने का निर्णय हआ इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का विस्तार करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया एयरपोर्ट विस्तार के लिए तीन सौ तीन एकड़ जमीन दी जायेगी

झारखंड में कोविड टीकाकरण ड्राइव का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया इस चरण में डेढ़ लाख से अधिक फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कोविशिल्ड की वैक्सीन लगायी जायेगी फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ कल चार जिलों के उपायुक्तों ने भी कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया

उपायुक्त राजेश सिंह और एसपी चंदन कुमार झा ने आमजनों अपील की है कि उनकी बारी आने पर टीका जरूर लें गढ़वा जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिये जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है

चौरी चौरा घटना के आज सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा शताब्दी के संदर्भ में एक डाक टिकट भी जारी करेंगे

जैक की ओर से परीक्षा और उसकी योजनाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी हालांकि मैट्रिक इंटर की परीक्षा से पहले छह अप्रैल से प्रायोगिक परीक्षाए शुरू होगी

जुलाई के आखिरी सप्ताह में परीक्षा परिणाम रिजल्ट जारी होगा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में फ्लोरी कल्वर से जुड़ी आधारभूत संरचना के विकास के लिये सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है वे कल मोरहाबादी के रामकृष्ण मिशन ऑडिटोरियम में राज्य उद्यान निदेशालय की ओर से आयोजित झारखंड में फूलों की व्यावसायिक खेती को लेकर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बागवानी संस्कृति को बढ़ावा देना सरकार का प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है और राज्य सरकार जो कृषि नीति तैयार कर रही है उसका प्रारूप किसानों की जरूरतों के हिसाब से तैयार कराया जा रहा है इस मौके पर क्रषि मंत्री ने कृषि दर्पण का लोकार्पण किया और कहा कि कृषि दर्पण के माध्यम से लाखों किसान लाभान्वित होंगे केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार प्रवासी श्रमिकों और रोजगार देने वालों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है सांसद महेश पोद्दार के सवाल पर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है केंद्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से प्रवासी श्रमिकों के आगे आयी समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए सरकार देश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों और रोजगार के अवसरों का डाटाबेस तैयार कर रही है इसके लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है डाटाबेस तैयार होने के बाद सरकार श्रमिकों और रोजगार देनेवाली संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हुए श्रमिकों को रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और जरुरी सुविधायें उपलब्ध करायेगी

कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से होगा पार्टी नेताओं ने बताया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन कार्यक्रम में शामिल होंगे टुन्डी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंडी और तोपचांची के अलावा उनके सिजुआ स्थित आवास के सामने भी पार्टी का झंडा फहराया जाएगा और शहीदों को श्रद्धांजिल अर्पित की जाएगी राज्य में मौसम में एकबार फिर बदलाव का अनुमान है

राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में आंशिक बादल के साथ कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और हल्की वर्षा की संभावना है वहीं छह फरवरी को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी तथा मध्य भाग में आंशिक बादल के साथ कहीं कहीं पर मेघ गर्जन या हल्की बारिश की संभावना है

मौसम में ये बदलाव बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण होगा

तीन मार्च को बजट पेश किया जायेगा

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होंगे चतरा जिले में गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने टीपीसी के अरविंद गंझू को विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है एसपी ऋषभ कुमार झा ने इसकी पुष्टि की है गुमला जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक सदस्य को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया हैं एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि सिसई थाना क्षेत्र के असरो तेतरटोली में पीएलएफआई के चार पांच सदस्य हथियार के साथ छिपे होने की सूचना मिली थी और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल की ओर से दो हजार सोलह में बनी नियोजन नीति को वापस लेने और जेपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट दिए जाने समेत पैंतालीस प्रस्तावों को मंजूरी देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने बुजूर्ग कलाकारों को हर महीने चार हजार रूपये पेन्शन दिए जाने की खबर को पहले पेज पर बॉटम खबर के रूप में प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने सात खदानों पर नीलामी नहीं कराने के झारखंड के फैसले को केन्द्र से खारिज होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने देवघर स्थित वैधनाथ धाम में पूरे दिन स्पर्श पूजा होने की खबर को पेज वन पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन पर विदेशी दुष्प्रचार के खिलाफ भारत के एकजुट होने की खबर को पहले पेज वन पर प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने तीन मार्च को झारखंड का बजट पेश होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत के कोविड टीकाकरण में सबसे आगे होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है